सरकार द्वारा एमओयू साईन करने के लिये प्रत्येक निवेश प्रस्ताव पर सम्बंधित विभागों को जरूरी स्वीकृतियां तय समय में पूरा करने का लक्ष्य दिया जाएगा

इसके अलावा मुख्यमंत्री की पिछली बजट घोषणाओं से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये जाने की संभावना हैं

उन्होंने कहा कि जीएसटी दर घटने से निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा नई दरें इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होंगी

इस अवसर पर अतिरिक्त ज़िला व सत्र न्यायाधीश पीआर पहाड़िया ने कहा कि वर्तमान समय में प्रचलित कानूनों की जानकारी आम लोगों को देना ऐसे शिविरों का उद्देश्य है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कांगड़ा जिले के गग्गल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास से जुड़ी खबर को लगभग सभी समाचारपत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला ने गडकरी के बयान को शीर्षक दिया है सूबे में दौड़ेंगी डबल डेकर बसें झीलों में उतरेंगे जहाज़ पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में हवा व पानी में भी शुरू करेंगे यातायात दैनिक जागरण लिखता है प्रदेश की झोली भर गए गडकरी दिव्य हिमाचल के अनुसार हिमाचल में पानी पर उतरेंगे जहाज़

अजीत समाचार का शीर्षक है जयराम ने धर्मशाला से किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारम्भ आपका फैसला लिखता है पंजीकरण होते ही तुरंत मिलेगी राशि मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में किया योजना का आगाज़ किन्नौर जिले के दोगरी नाले में हिमखंड की चपेट में आने से लापता सेना के पांच जवानों से जुड़ी खबर को अमर उजाला व दैनिक जागरण का लगभग एक जैसा शीर्षक है हिमखंड में दबे पांच जवानों का पांचवें दिन भी कोई सुराग नहीं पंजाब केसरी के मुताबकि पांचवें दिन भी नहीं मिले लापता जवान दैनिक भास्कर की सुर्खी है हिमखंड में दबे पांच जवानों का पांचवें दिन भी नहीं लगा सुराग सर्च अभियान जारी जे एंड के से भी बुलाए खोजी दल

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय वर्मिन बंदर में लिखता है कि केन्द्र सरकार ने बंदरों को मारने का विकल्प तो दिया है लेकिन इसका हाल भी पिछली बार की तरह न हो इसके लिये समूचित प्रबंध करने होंगे आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय स्वच्छता के मायने में सुझाव दिया है कि पर्यटन स्थलों व प्रदेश की पंचायतों में स्वच्छता अभियान का दायरा बढ़ाया जाना चाहिये